लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिये आज अधिसूचना जारी की जायेगी प्रदेश के खान महाध्रस कांड की सुनवाई अब उदयपुर के एसीबी न्यायालय के बजाय जयपुर की ईडी मामलों की अदालत में होगी प्रदेशभर में शीतला अष्टमी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है

सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि मिशन शक्ति के तहत तीन चरणों वाले इस प्रक्षेपास्त्र ने अपने सभी उद्देश्यों को पूरा किया राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने पृथ्वी की निचली कक्षा में एक सक्रिय उपग्रह को निशाना बनाकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है उन्होंने बताया कि उपग्रह भेदी प्रक्षेपास्त्र ने लक्ष्य को महज तीन मिनट में नष्ट कर दिया

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह देश की सुरक्षा की दिशा में उठाया गया कदम है और इससे शांति और सदभाव को बढ़ावा मिलेगा

श्री कोविंद ने कहा कि यह सफलता देश के लिए एक निर्णायक क्षण है उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस सफल प्रक्षेपण के साथ भारत दुनिया में एक अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में उभरा है भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने कहा कि पिछली सरकार ने इस परीक्षण की अनुमति नहीं दी थी

लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल नामांकन पत्रों की जांच संपन्न हो गई

इससे अधिकरण अपने दायित्व को सुचारू तरीके से निभा सकेगा और मामले भी निर्धारित समय में निपटाए जा सकेंगे

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर मनरेगा की नई दरे तय की है जो इस साल एक अप्रैल से लागू होगी

उदयपुर के एसीबी न्यायालय ने कल प्रवर्तन निदेशालय की ओर से प्रस्तुत किये प्रार्थना पत्र पर यह आदेश दिया

अब प्रवर्तन निदेशालय और एसीबी द्वारा दायर दोनो मामलो की सुनवाई साथ साथ ईडी न्यायालय में चलेगी

धनशोधन निवारण कानून के तहत एक विशेष अदालत ने यस बैंक के पास गिरवी रखे इन शेयरों की बिक्री की अनुमति दी थी

इस विषय पर आयोग ने सामाजिक कार्यकर्ताओं संगठनों सरकारी विभागों निगमों निकायों उपक्रमों सहित आमजन से अपने मत प्रतिक्रिया और विचार आमंत्रित किए हैं

उन्होंने बताया कि इस विषय पर अपने मत और विचार आयोग को ई मेल और फैक्स के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं

राज्य बीमा और प्रावधायी निधि विभाग के निदेशक आनंद स्वरूप ने कल भुगतान आदेश ऑनलाईन सबमिट किये इन दावों का भुगतान एक अप्रैल को देय होगा

आज शीतला माता मंदिरों में महिलाओं ने कल बनाये बासी पकवानों का भोग लगाया और शीतला माता का पूजन किया बूंदी के चारभूजा मंदिर और राव भाउसिंह दरबार के मंदिर में सुबह से ही महिलाए मंदिरों में पहुंच रही है और शीतला माता की पूजा अर्चेना कर ठण्डे खाने का भोग लगा रही है जयपुर के चाकसू में शील की डूंगरी पर शीतला माता के मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है इस अवसर पर चाकसू में लक्खी मेला भी भरा है दौसा टोक और सवाईमाधोपुर से भी शीतला अष्टमी मनाये जाने के समाचार मिल रहे है शीतला अष्टमी के पर्व पर राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में अवकाश है लेकिन परीक्षा कार्यक्रम यथावत है

त्रिपूरा का कोजागीरी नृत्य और मेघालय का युद्ध नृत्य खास तौर पर प्रभावित करने वाला था इस उत्सव में पांचों दिन असम त्रिपुरा नागालैण्ड अरूणचल प्रदेश मेघालय मिजोरम और सिक्किम के लोकनृत्यों का प्रदर्शन किया जायेगा